राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय एक जनपद एक उत्पाद समिट का उद्घाटन करेंगे

गोरखपुर आगरा और मुरादाबाद जिले से चयनित यह कारीगर इससे अपने उत्पाद को और बेहतर ढंग से निर्मित कर सकेंगे इन जिलों के कारीगरों को इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से प्रशिक्षण दिया गया है कार्यक्रम के बारे में और जानकारी देते हुए प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इस अवसर पर लाभार्थियों को लगभग एक हजार करोड़ रूपये के ऋण पत्र भी वितरित किया जायेगे च्रनिंदा लोगों को राष्ट्रपति समिट में ऋण पत्र देंगे जबकि विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि ऋण पत्र बांटेंगे विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जायेगा

कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार के मंत्रिगण और उद्यमियों के साथ गणमान्य लाग उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि मनरेगा योजना का सही इस्तेमाल होता तो अब तक देश में खेती की तस्वीर ही बदल चुकी होती उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में इस योजना का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है श्री योगी आज लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित मनरेगा एवं कृषि अभिसरण कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों को आय दोगूनी करने के लक्ष्य में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है श्री योगी ने कहा कि लोगों को जागरूक कर मनरेगा से कृषि क्षेत्र में काफी लाभ अर्जित किया जा सकता है पर यह दुभाग्य है कि इसका दुरूपयोग ही किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगूनी करने की बात की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की मृतप्रायः हो गई नदियों को पुनजीवित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के प्रभावी उपयोग से भदोही बरेली मिर्जापुर चित्रकूट आजमगढ़ आदि जनपदों मे नदियों को पूनजीवित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए सतत प्रयत्नशील है

साथ ही कृषि सिंचाई परियोजनाओं को तेजी के साथ लागू किया जा रहा है आपदा की स्थिति में फसलों को हुई क्षति से किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से राहत दिलाने का प्रयास किया गया है कार्यशाला में पांच मंडलों के पच्चीस जिलों के किसान मजदूर तथा कृषि से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया

संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन बैंकों के देशव्यापी शभारम्भ से बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच और प्रभाव में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह को आज राज्यसभा ने भी पारित कर दिया लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रो थॉवर चन्द्र गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों और दलित वर्गो के हितों के प्रति समर्पित है उन्होंने कहा कि विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी के बाद जिन गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला ह उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम केन्द्र की मोदी सरकार ने किया है लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि विपक्षी पार्टी नरेन्द्र मोदी को रोकने का असफल प्रयास कर रही है लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं होगा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश क गरीब दलित पिछड़ा किसान और नौजवानों के हित में कार्य कर रही है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

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक बालिका गृह में बालिकाओं के यौन शोषण के आरापों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की निगरानी करने का निर्णय लिया है हमारे संवाददाता ने बताया ह कि मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले आर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए जांच एंजेंसी से मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने को कहा है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कल दस अगस्त को प्रदेशभर में एक से उन्नीस साल तक के लगभग सात करोड़ बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजॉल खिलाई जायेगी पहली बार यह अभियान प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों म कल सक साथ चलाया जायेगा प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को यह दवा खिलाई जायेगी

यह आंदोलन मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त क्रांति आंदोलन आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव था बाइट इस अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात नया भारत और आजादी की प्रासंगिकता विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड चौनल पर रात साढ़े नौ बजे से सुना जा सकता है इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ मुंबई चेन्नई गुवाहाटी जयपुर जम्मू और लखनऊ आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे एनडीए उम्मीदवार हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुन लिये गए हैं उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बोके हरि प्रसाद को हराया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पत्रकार के रूप में श्री हरिवंश ने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया

यह बस लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से सुबह सात बजे रवाना होकर सुबह नौ बजे कानपुर के झकरकटी बस स्टेशन पर पहचेंगी कानपुर से यह बस सुबह साढ़े नौ बजे चलकर दोपहर साढ़े बारह बजे लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर आयेगी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि तीस सीटों वाली यह बस लखनऊ कानपुर के बीच रोज दो फेरे लगायेगी लखनऊ कानपुर के बीच तिरानवे किलोमीटर दूरी के लिए यात्रियों को एक सौ इकतीस रूपये किराया देना होगा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने फेसबुक से भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत विवरण के कथित गैर कानूनी उपयोग के मामले में ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रिज ऐनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ प्रारंभिक जांच आरंभ कर दी है अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार से इस बारे में निर्देश मिलने के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की है विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की जानकारी पिछले महीने राज्य सभा को दी थी